कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्यकर्मियों और नर्सों द्वारा कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने के उपायों पर प्रसन्नता व्यक्त की है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कल कहा कि इन उपायों से कोविड के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पत्रकारों से कहा कि प्रदेश में कोविड बेड की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के आशाजनक परिणाम मिलने लगे हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट डीआरडीओ द्वारा रिकॉर्ड समय में तैयार किए गए इस अस्पताल के संचालन मैं सेना के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर नर्स और पैरानेडिकल स्टाफ लगाए गए हैं जिन्हें देश भर से इस अस्पताल के लिए विशेष तौर पर बुलाया गया है

अस्पताल में भर्ती मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनके लिए खाना भी मुक्त होगा मरीजों को ऑक्सीजन और दवाई के लिए भी पैसे नहीं देने हॉगे इस अस्पताल में मरीजों के सीधे प्रवेश और भर्ती किए जाने की व्यवस्था नहीं है बल्कि जिला प्रशासन की तरफ से इन एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर के जरिए यहां कोविड मरीजों की भर्ती की जाएगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश सरकार ने गांवों में कोविड रोगियों की पहचान के लिए कल से पांच दिवसीय अभियान शुरू किया है

ऐसी आशंका हैं कि पंचायत चुनाव और मतगणना के दौरान गांवों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ सकती है

स्कूलों और ग्राम पंचायत भवनों में क्वारैंटीन सेंटर तैयार किए गए हैं प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी केन्द्र ने पिछले महीने प्रघानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी मंत्रिमंडल ने कल इस फैसले को स्वीकृति दे दी इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में आंशिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो रहा है

सभी जिलों में इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये

औद्योगिक गतिविधिया ईकामर्स से संबंधित काम चलते रहेंगे राशन वितरण और टीकाकरण का कार्य भी सुचारू रूप से जारी रहेगा श्री सहगल ने बताया कि कोविड के संबंध में मेडिकल गाइडेंस के लिये राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है

राज्य में अब कोरोना के नये मामले कम आ रहे हैं जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कुछ कुछ जिलों में दैनिक नये केस की तुलना में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी अधिक हो रही है यह जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी

राज्य में टेस्टिंग के लिये एग्रेसिव नीति अपनाई जा रही है

यह देश में किसी राज्य द्वारा किया गया सर्वाधिक कोविड टेस्ट है मुख्य सचिव श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन संयंत्रों के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी होगा और युद्वस्तर पर कार्य पूरा करेगा